अब तक दो लाख उनतीस हजार से अधिक लोग ठीक हुए

आठ दशमलव आठ डिग्री न्यूनतम सेल्सियस तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजूट होकर लड़ रहा है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

इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख छत्तीस हजार अंठानवे हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ तैंतीस नये मामले सामने आये हैं वहीं औरंगाबाद में उनतालीस मुजफ्फरपुर में अड़तीस भागलपुर में अठारह कटिहार और समस्तीपुर में पन्द्रह पन्द्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख उनतीस हजार से अधिक हो गयी है अब तक राज्य में संतानवे प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार चार सौ चौसठ है इस महामारी से राज्य में अब तक बारह सौ अड़सठ लोगों की जान गयी है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सेक्शन आफिसर बातिन हुसैन की कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हो गयी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यासजी और अन्य अधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है लगातार चौबीस दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन पचास हजार से कम रिकार्ड की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब इकतीस हजार नए मामलों की प्रष्टि हुई है जबकि इस दौरान चार सौ बयासी लोगों की मौत हुई है वहीं लगभग बयालीस हजार संक्रमित रोगी ठीक भी हुए हैं देश में अब तक अठासी लाख नब्बे हजार लोग संक्रमित हुए हैं स्वस्थ होने की दर भी बढ़ कर लगभग चौरानवे प्रतिशत तक पहुंच गई है देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब बीस गुणा ज्यादा है वर्तमान में देशभर में संक्रमित लोगों की संख्या केवल चार लाख पैंतीस हजार छह सौ तीन रह गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में अठहत्तर प्रतिशत संक्रमित लोग दिल्ली महाराष्ट्र केरल पश्चिम बंगाल हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व की एक प्रमुख फार्मेसी के रूप में विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है श्री मोदी ने कहा कि कोविड के टीके विकसित करने की भारत की पहल विश्वभर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ अपनी सफलतापूर्वक लड़ाई के बाद देश अब कोविड के टीके के उत्पादन और वितरण को लेकर विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि जल्द ही कोविड का टीका उपलब्ध हो जायेगा लोगों तक इस टीके को पहुंचाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जिलास्तर तक तैयार कर लिया गया है

इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल है मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार पहले की ही तरह बंद रहेंगे इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा दिशा निर्देशों में बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अनुरोध किया है कि वे कचरा प्रबंधन के अंतर्गत मास्क और दस्तानों को कूड़े में फैंकने से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें बाईट वेद चतुर्वेदी कोई भी चीज के लिए चाहे वो आपका कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो या आपके हाथों के साबुन है एक सैनिटाइजर है और एक तीसरी चीज है जो प्लास्टिक मैटीरियल्स वगैरह को क्या करते हैं डिस्इनफैक्ट करके फिर इनको कट करके और छोटे छोटे प्लास्टिक के गोले बना लेते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है वो हर जगह लागू है जहां बहुत बड़ी मात्रा में उसका उपयोग हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में क्रषि क्षेत्र में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं सरकार ने हाल ही में इस दिशा में नए कृषि अधिनियमों को लागू किया है जिनमें किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम दो हजार बीस और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम दो हजार बीस शामिल हैं

इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित तीन पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वहां अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री गोदाम या कुल स्टोरेज में भी बेच सकता है समयानुकूल जरूरतों के अनुरुप इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी ऊपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है इसी के अंतर्गत किसान संगठनों और निजी कंपनियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान की गई है इन सबके अलावा नये विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक वाट्सएप नम्बर सात शून्य शून्य चार शून्य चार दो दो एक नौ जारी किया है खाताधारक इस नम्बर पर खाते से पैसे निकासी से लेकर किसी अन्य समस्या के समाधान के लिए सम्पर्क कर सकते हैं सीमा सुरक्षा बल का आज छप्पनवां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने परेड की सलामी ली उन्होंने बीएसएफ के जवानों के अद्म्य शौर्य और साहस को सलाम किया इस अवसर पर देश भर में बीएसएफ के विभिन्न बटालियन में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करने में अपने शौर्य और कर्मठता का परिचय दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है गृहमंत्री अमित शाह ने भी बल के जवानों को उनकी सेवाओं और कर्तव्य निष्ठा के लिए नमन किया है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ ने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह्न किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के रत्नगिरि पर्वत पर बन रहे आठ सीटर रोपवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने आज राजगीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की मौसम विभाग ने कहा है कि दिसम्बर महीने के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है पश्चिम हिमालय क्षेत्र के ऊपर बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश पर भी रहेगा आज आठ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि दक्षिण बिहार में नवम्बर के महीने में ठंड ने पिछले दस वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया

यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष दो हजार उन्नीस में विश्वभर में तीन करोड़ अस्सी लाख लोग एचआईवी से संक्रमित थे भारत ने वर्ष उन्नीस सौ बानवे में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी उसके बाद से इस संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरुक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया है रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पांच स्पेशल पूजा ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है दरभंगा जालंधर सिटी स्पेशल ट्रेन सहरसा अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन और सहरसा आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक ट्रेन अब इकतीस दिसम्बर तक अप और डाउन में चलायी जायेगी इसके अलावा पुणे दरभंगा साप्ताहिक ट्रेन तीस दिसम्बर तक और पुणे बरौनी द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन उनतीस दिसम्बर तक होगा राज्य में आज से पोषाहार वितरण के लिए ओटीपी प्रणाली लागू कर दी गयी है राज्य सरकार के नये आदेश के अनुसार लाभार्थी विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में मोबाईल पर प्राप्त वन टाईम पासवर्ड ओटीपी दिखाकर पोषाहार प्राप्त कर सकेंगे मुंगेर की एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेखा कुमारी ने बताया कि पोषाहार योजना के तहत छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों गर्भवती और धातु माताओं तथा किशोरियों को पोषण संबंधी सुधार के लिए पूरक पोषाहार दिया जाता है गया जिले के आमस थाना अंतर्गत महापुर के पास एक सड़क द्र्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये

पूलिस ने फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है आईटीआई प्रवेश परीक्षा चार दिसम्बर को आयोजित की जायेगी बेगूसराय जिले में परीक्षा के पांच केन्द्र बनाये गये हैं जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है

अब तक दो लाख उनतीस हजार से अधिक लोग ठीक हुए

आठ दशमलव आठ डिग्री न्यूनतम सेल्सियस तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा